उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है आज दुनिया के सबसे बड़े इस कार्यक्रम का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए श्भारंभ करते हए उन्होंने कहा कि कोरोना टीका पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा जो हमारे डाक्टर्स हैं नर्सिस हैं अस्पताल में सफाई कर्मी हैं मेडिकल पेरामैडिकल स्टॉफ हैं वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में तीन करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा

प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में दो टीके तैयार करना गर्व की बात है एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हई है इतना ही नहीं कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है ये भारत के सामर्थ्य भारत की वैज्ञानिक दक्षता भारत के टैलेंट का जीता जागता सब्रत है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं लेकिन उनकी ग्णवत्ता में कोई कमी नहीं हैं श्री मोदी ने कहा कि टीके की दो ख्राक देना जरूरी है और इन दोनों के बीच लगभग एक महीने का अंतर होना चाहिए टीके की दूसरी ख्राक के दो सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पहली ख्राक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करने और स्रक्षित दूरी बनाये रखने में लापरवाही न बरतें

इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत में राज्य निगरानी अधिकारी डॉएलजम्पा ने कहा कि टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और इस कार्य में सहयोग करने वालों को ही टीके लगाए जाएंगे इनमें सेना और अर्द्ध सैनिक बलों के सात हजार जवान भी शामिल हैं राज्य के अन्य जिलों और ब्लॉक खंडों में टीकाकरण का काम कल से शुरू होगा राज्यभर ने आज नौ सेसन साईट में टिके लगाए गए के डी एस जिला अस्पताल तवांग बाकिन पार्टिन जनरल अस्पताल पासीघाट जिला अस्पताल यिंगकियोंग नामसाई जिला अस्पताल नाहरलगुन स्थित ट्रिम्स जीरो जी टी जनरल अस्पताल आलो जनरल अस्पताल सेप्पा जिला अस्पताल और लोंगडिंग जिला अस्पताल इसमें शामिल है गौरतलब है कि को वीन एप्लिकेशन की योजना के तहत कल से अन्य जिलों और ब्लॉको में टीका अभियान लगातार जारी रहेगा प्रदेश को भारत के सिरम इंस्टीट्यूट के उत्पाद कोवि शिल्ड के बत्तीस हजार खूराक प्राप्त हए है तवांग में खादरो द्रोवा सांगमो अस्पताल में म्ख्य मंत्री पेमा खांड् की उपस्थित में टीकाकरण अभियान की श्रुआत हई इस अवसर पर श्री खांड़ ने कहा कि कोरोना वायर्स पर जीत का यह पहला कदम है उन्होंने जिले के स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्षेत्र में पर्यटको की संख्या सबसे अधीक रहती है ऐसे में भी स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वायर्स को फैलने से रोकने में सफलता हासिल की

राजधानी ईटानगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ईटानगर शहरी निकाय के नव निर्वाचित कारपोरेटर्स को शपथ दिलाई गई इस अवसर पर मेयर पद के लिए ह्ए च्नाव में भाजपा के कारपोरेटर तामे फासांग को सर्वसम्मति से मेयर और एनपीपी के बिरि बासांग को डिप्यूटी मेयर च्ना गया गौरलब है कि ईटानगर शहरी निकाय के च्नाव में भाजपा को दस जे डी यू को नौ और एन पी पी को एक वार्ड में सफलता मिली थी इधर पासीघाट नगर पालिका परिषद पी एम सी के लिए नवनिर्वाचित काउंसिलर्स को कल जिला उपाय्क्त कार्यालय में आयोजित एक समारोह में शपथ दिलाई गई इस अवसर पर आयोजित पार्षदों की बैठक में ओकी मोयोंग बोरांग को सर्वसम्मति से चीफ काउंसिलर और रेबिका पानयांग मेग् को डिप्यूटी चीफ काउंसिलर च्ना गया